अपनी दो दिन की यात्रा को दौरान प्रधानमंत्री भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत तथा व्यापक बनाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा की मीडिया को जानकारी देतें हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कल बताया कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री एक जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे और भूटान में रूपे कार्ड के चलन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की आज नई दिल्ली में अहम बैठक हई इस दौरान पार्टी की वरिष्ठ सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे लेकिन थोड़ी देर बाद चले गए बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर विमर्श किया बैठक खत्म होने को बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य रात साढ़े आठ बजे दोबारा भिलेंगे जिसमे पार्टी अध्यक्ष का नाम तय होने की उम्मीद है

दो दिवसीय इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया

कार्यकम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि उनका मंत्रालय देश का सांस्कृतिक मानचित्र तैयार कर रहा है करीब चार सौ करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम में लगभग एक करोड़ कलाकारों को शामिल किया जायेगा उन्होने कहा कि कला की पहचान समाज और सरकार की जिम्मेदारी है श्री पटेल ने कहा कि गांधी किसी की विरासत नहीं बल्कि वे देश और समाज की विरासत हैं उन्होंने कहा कि गांधी सादगी का नाम है और विलासिता के साथ गांधीवाद का चोला ओढ़ना गलत है व्याख्यानमाला कीं विशिष्ट अतिथि प्रदेश की संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि गांधीजी ने अपने अहिंसक आंदोलन से भारत ही नहीं विश्व को दिशा दी डाक्टर साधौ ने कहा कि मौजूदा वक्त में कुछ ताकतें बापू के खिलाफ जहर घोल रही हैं इसे रोकना हमारी जिम्मेदारी है दो दिवसीय इस व्याख्यानमाला के चार सत्रों में गांधी जी से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी

हज की सबसे अहम रस्म के लिए हज यात्री अराफात के मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं पांच दिन की जियारत कल शुरू हुई थी हज यात्रियों ने कल रात मिना में बिताई ये लोग अब अराफात के मैदान की तरफ जा रहे हैं जहां र्वे नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे कल सवेरे ये लोग वापस मिना आकर कुर्बानी देने और शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा करेंगे मौसम प्रदेश में चार दिनों से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई निचली बस्तियों में पानी भर गया हैं स्थिति को देखते हुए बड़वानी उज्जैन झाबुआ और मंदसौर में स्कूलों में अवकाश रहा भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़े तालाब के लंबालब होते ही सुबह भर्दभदा बांध के दो गेट खोले गये थे

राजधानी में आज सुबह से ही बारिश नहीं हुई है

उधर ँअशोकनगर जिले के सबसे बड़े बांध राजघाट के तीन गेट खोले गये राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आज सुबह मंदसौर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया इस दौरान उन्होंने राहत और बचावकार्यो की समीक्षा भी की मौसम विभाग ने आने वाले चौबीस घंटों के दौरान रतलाम अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी धार नीमच और मंदसौर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है जरा याद करो कुर्बानी प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्णीय वीर गाथाओं पर आधारित खास श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज सुनिये यशवंतराव होलकर की शौर्य गाथा